दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के इस बजट में शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगार और शहरी तथा ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है

साथ ही अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों का वेतन बढ़ाया जाएगा स्वास्थ्य सुविधा को अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश में छह नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंचाई व्यवस्था का काम बेहतर किया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि सड़क बिजली पानी के लिए खास ध्यान दिया गया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इस बजट को चुनावी बजट बताया

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि ये बजट जनकल्याण और विकास पर आधारित है वहीं सुक्ष्म लद्य एवम उद्यम राज्यमंत्री संजय पाठक ने बजट को स्वास्थ्य शिक्षा और युवाओं की दृष्टि से बेहतर बताया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बजट कृषि और ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता दोहरायेगा

कल नई दिल्ली में चौथे पेंशन सम्मेलन में श्री जेटली ने कहा कि भारत अब मध्यम आय वर्ग वाला राष्ट्र है और यह विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है इसलिए देश को पेंशन और बीमा युक्त समाज के रूप में विकसित करना महत्वपूर्ण है उन्होंने पेंशन सेक्टर में काम कर रहे सभी पक्षों का आहवान किया कि वे नये विचारों के साथ आगे आएं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एन पी एस आकर्षक रिटर्न देती है और इसके अनुभव उत्साहवर्धक हैं उन्होंने कहा कि सरकार फसल बीमा योजना और माइक्रो बीमा पॉलिसी सहित विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है इस अवसर पर वित्तमंत्री ने पेंशन संचय की शुरूआत की

पहले का अनुमान छह दशमलव पांच प्रतिशत था जुलाई से सितंबर की तिमाही में संशोधित विकास दर बढ़कर छह दशमलव पांच प्रतिशत रही पहले के अनुमान में इसे छह दशमलव तीन प्रतिशत बताया गया था

हमारे अशोकनगर संवाददाता ने बताया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे जनता की जीत बताया है श्री सिंधिया ने कहा कि कार्यकर्त्ताओं की कड़ी मेहनत तथा पार्टी नेताओं के मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया है

दिव्यांगों के लिए परीक्षा का समय दोपहर एक से चार बजे तक रखा गया है

इन केन्द्रों से जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करवाई जा रही है वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार ने प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम बधाई देते हुए अपील की है कि होलिका दहन के लिए कम से कम लकड़ी का उपयोग करें और हरे भरे वृक्षों को नुकसान न पहुंचाये वहीं वन राज्यमंत्री सूर्यप्रकाश मीणा ने होलिका दहन में सीमित मात्रा में लकड़ी के उपयोग करने की अपील की है उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता है कि हम होली प्रतीक स्वरूप मनाये ताकि वृक्षों का संरक्षण हो सके राज्य सरकार ने रंगपंचमी को राजधानी भोपाल में स्थानीय अवकाश घोषित किया है खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई है इस मौके पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किये हैं वहीं आगरमालवा से संवाददाता ने बताया है कि जिले में होली पर्व के लिए लोग शक्कर के गहने और लड़की बने खांड़ो की खरीददारी कर रहे हैं परंपराओं के तहत इन गहनों को पहनकर होलिका की पूजा अर्चना की जाती है वहीं छिन्दवाड़ा में होलिका दहन के लिए जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था की गई है प्रदेश के अन्य जिलों से भी होलिका दहन की तैयारियों के समाचार मिले हैं